श्री मोदी ने कहा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का गठबंधन मिलावटी है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सत्ता भोग के लिए भ्रष्टाचार को बढावा देने का आरोप लगाया है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से लोकसभा में उत्तर देते हुए श्री मोदी ने आज कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल गठबंधन बनाकर सत्ता हासिल करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वह कभी सफल नहीं होगा उन्होंने कहा कि विपक्ष का यह गठबंधन मिलावटी गठबंधन है जिससे देश का कभी भला नहीं होगा उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के पचपन महीने का अब तक का कार्यकाल भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाना जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपन साल देश में सत्ता में रहने वाली कांग्रेस के कार्यकाल में सत्ता भोग के चलते राष्ट्रमंडल खेल और टू जी स्पेक्ट्रम जैसे घोटाले हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सेवा भाव से काम किये हैं श्री मोदी ने कहा कि जब नीयत साफ हो इरादे नेक हो और निष्ठा अटल हो तो गरीबों के लिए चौबीसों घंटे काम करने के लिये ऊर्जा मिलती है उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में कांग्रेस के पचपन साल और उनके पचपन महीने के कार्यकाल को जाना जायेगा

उच्चतम न्यायालय ने चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की सुनवाई को बिहार से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अब मामले की सुनवाई दिल्ली में साकेत स्थित पॉक्सो अदालत में होगी साथ ही न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई छह महीने के अंदर पूरी करने का भी निर्देश दिया पीठ ने सीबीआई को इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी का तबादला करने पर कड़ी फटकार लगायी और सीबीआई के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक एम नागेश्वर राव को बारह फरवरी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी का तबादला कर सीबीआई ने न्यायालय के आदेश की अवमानना की है क्योंकि पूर्व में न्यायालय ने जांच से जुड़े अधिकारियों की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के आश्रय गृहों के प्रबंधन को लेकर सरकार की भी आलोचना की उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि राज्य सरकार सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध नहीं कराती है तो वह राज्य के मुख्य सचिव को भी तलब कर सकती है इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सरकार तत्परता से पालन करेगी वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में समय पर कोर्ट में साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाने के कारणों की जांच करवायी जायेगी केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को तेजी से और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उनका सहयोग मांगा है श्री सिंह ने कहा कि योग्य छोटे किसानों का चयन राज्य सरकारें करेंगी और बैंक खातों जैसे आवश्यक ब्यौरे ऑनलाइन पोर्टल पर देने होंगे ताकि लाभ की पहली किश्त उन किसानों के खाते में जमा कराई जा सके छोटे और सीमांत किसानों का ब्यौरा अपलोड करने के लिए पीएम किसान नाम से एक पोर्टल पीएम किसान डॉट एनआईसी डॉट इन शुरू किया गया है इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सहायता दी जाएगी ये पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में तीन बराबर बराबर किश्तों में जमा किया जाएगा इससे बारह करोड़ किसानों को लाभ होगा ये योजना दिसम्बर दो हजार अठारह से लागू की जाएगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डेयरी एसोसिएशन से राज्य में पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय खोलने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में डेयरी क्षेत्र में काफी प्रगति होगी पटना में आयोजित सैंतालीसवें डेयरी उद्योग सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी राज्य में डेयरी क्षेत्र से बारह लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है और दुग्ध सहकारी समितियों से लगभग ढाई लाख महिलाएं जूड़ी हुई हैं श्री कुमार ने कहा कि जैविक तरीके से सब्जी की खेती करने वाले किसानों को अब तीस डिसमिल जमीन पर छह हजार की जगह आठ हजार रूपये की इनपुट सब्सिडी प्रदान की जायेगी उन्होंने किसानों से डेयरी क्षेत्र के साथ साथ जैविक उर्वरक वर्मी कम्पोस्ट और जैव कीटनाशक के उत्पादन से जुड़ने की अपील की मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से कृषि विज्ञान केन्द्रों की तर्ज पर राज्य भर में पशु विज्ञान केन्द्र स्थापित करेगा श्रम संसाधन मंत्री विजय कृमार सिन्हा ने कहा है कि नेपाल सरकार द्वारा उद्योगों और अन्य संस्थानों में कार्यरत भारतीय कामगारों के लिये वर्क परमिट अनिवार्य किये जाने के मामले को लेकर राज्य सरकार केन्द्र से बातचीत करेगी श्री सिन्हा ने कहा कि केन्द्र से बात कर इस मामले का जल्द ही समाधान कर लिया जायेगा मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार तेरह अंकों वाली रोस्टर प्रणाली पर जल्द ही उच्चतम न्यायालय में प्रनर्विचार याचिका दायर करेगी राज्यसभा में सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए श्री जावड़ेकर ने आरक्षण प्रणाली में किसी भी बदलाव से इन्कार किया

केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्रसार भारती का उद्देश्य राजस्व कमाने की बजाय देश के लोगों की सेवा करना है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आज लोक सभा में कहा कि प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र में देश की परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण प्रमुख है क्योंकि प्राइवेट प्रसारण चैनल व्यावसायिक कारणों से कई कार्यक्रम नहीं दिखाते हैं उन्होंने कहा कि प्रसार भारती अपने कार्यक्रमों में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है

साथ में टेलीविजन के सिगनल्स जो अब हैं वो डायरेक्ट दू होम ट्रांसमिशन के माध्यम से पूरे भारत का एरिया कवर करते हैं सेटटॉप बॉक्स के अंदर कुछ एक चौनल ऐसे भी हैं जिसमें आप रेडियो को सुन सकते हैं बदलती टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया रेडियो के जो चौनल हैं उसको हमने इंटरनेट पर भी प्रोवाइड कराया है तो किसी के पास जो कोई फोन हो तो उसके ऊपर मोबाइल ऐप्लीकेशन डॉउनलोड करके रेडियो के कार्यक्रम सुन सकते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर काम करने की अपील की है आज पूर्णिया में पार्टी के संगठन कार्यकर्ताओं और शक्ति केन्द्रों के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि ब्रथों के माध्यम से ही च्रनाव जीता जा सकता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है श्री योगी ने कहा कि किसानों मजदूरों महिलाओं और समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के विकास के लिये सरकार प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की प्रशंसा करते हुए श्री योगी ने कहा कि इनके शासनकाल में बिहार को नई पहचान मिली है सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कार्यकर्ताओं से केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की सम्मेलन में पूर्णिया के अलावा किशनगंज कटिहार और अररिया लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने कहा है कि बजट सत्र से पहली बार क्वेश्चन रिप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जायेगा इसके माध्यम से सदन में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर विधान परिषद की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे आज प्रेस सलाहकार समिति की बैठक में श्री रशीद ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद सदस्य सदन में केवल पूरक प्रश्न ही पूछेंगे जिससे समय की काफी बचत होगी राज्यपाल लालजी टंडन ने नई दिल्ली में आयोजित सत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह में आयोजित परेड में भाग लेकर लौटे बिहार और झारखंड के एनसीसी कैडेटों को आज राजभवन में सम्मानित किया श्री टंडन ने इस अवसर पर राष्ट्रीयता और अनुशासन की भावना के लिये एनसीसी की सराहना की निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज अररिया जिले के पलासी के अंचलाधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह को एक लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अंचलाधिकारी शिकायतकर्ता से भूमि संबंधी लंबित मामले के त्वरित निष्पादन के एवज में घूस ले रहा था मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर स्थित एक निजी फायनांस कंपनी से कल दस करोड़ रूपये मूल्य के सोने की लूट के बाद आज जमाकर्ताओं ने अपना सोना वापस करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया इधर लूट मामले में पुलिस ने संदेह के आधार पर दो लोगों को हिरासत में लिया है एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि जल्द ही इस कांड का उद्भेदन कर लिया जायेगा पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण और अररिया में कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई पिछले चौबीस घंटों के दौरान गौनाहा में छह दशमलव चार मिलीमीटर चनपटिया में दो दशमलव आठ और वाल्मिकीनगर में एक दशमलव छह मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी है

श्री मोदी ने कहा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का गठबंधन मिलावटी है